मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा किसानों को मिलेगा कृषि अधोसरंचना कोष का लाभ हरतालिका तीज पर महिलाएं कर रही हैं भगवान गौरी शंकर की आराधना कल से शुरू होगा गणेश उत्सव

जिलों का चिन्हांकन नशीले पदार्थ और शराब से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के विरुद्व किये गये राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है अभियान के तहत संबंधित जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियाँ गठित की गई हैं अभियान का सर्वोच्च उद्देश्य भावी पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में आने से बचाना है कृषि कोष सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कृषि अधोसंरचना कोष का अधिकाधिक लाभ किसानों को दिलवाया जाएगा श्री चौहान ने आज वीडियो कान्फ्रेंस से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कृषि अधोसंरचना कोष के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत चर्चा में हिस्सा लिया श्री तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आत्मनिर्भर भारत अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना कोष के संबंध में राज्यों से चर्चा की और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की समृद्धि के लिउ तैयार प्रकल्प को सफल बनाने आव्हान किया मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की यह अद्भुत योजना है मध्यप्रदेश सरकार इसके क्रियान्वयन में कोई कसर नहीं छोड़ेगी

उन्होंने प्रदेश में कम से कम एक वर्ल्ड क्लास स्तर की मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किये जाने की आवश्यकता बतायी

दमोह के शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के सहायक प्राद्यापक डॉ तुलसी राम ने इसे सरकार का अच्छा कदम बताया है

राज्य सरकार ने भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ मध्यप्रदेश शाखा ने इसके लिये आभार जताया है

प्रदेशभर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते इसे परम्परागत तरीके से मनाया जा रहा है

अगले दिन पूजा पाठ कर वृत खोलती हैं जबलपुर में महिलाओं ने घरों में भगवान शंकर और पार्वती का प्रजन किया वहीं सतना में भी सजधजकर भगवान गौरी शंकर का पूजन किया गया प्रदेश के अन्य जिलों से भी इस पर्व को पूरी विधि विधान के साथ मनाये जाने के समाचार हैं गणेश उत्सव कल से गणेश उत्सव की शुरूआत हो रही है

हालांकि इस बार कोरोना संकमण के कारण प्रशासन ने बड़ी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना और सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी है इसलिये आम लोग अपने अपने घरों में ही ऋद्वि सिद्धि और बुद्धि के देवता श्री गणेश का पूजन अर्चन करेंगे ब्रहानपुर जिले में जिला प्रशासन ने सार्वजनिक गणेश प्रतिमाओं की स्थापना पर निषेधाज्ञा लागू कर रोक लगा दी है दमोह कलेक्टर ने भी सार्वजनिक स्थलों पर गणेश प्रतिमा और ताजिए स्थापित नहीं करने संबंधी आदेश जारी किये हैं अन्य जिलों में भी इसी तरह के आदेश जारी किये गये हैं

मौसम बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के दबाव की वजह से पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है प्रदेश की नर्मदा तवा सहित कई नदियां उफान पर हैं कई जगहों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है

रायसेन जिले में बारिश के चलते बारना नदी पर बना पुल पानी में डूब जाने से भोपाल जबलपुर सड़क मार्ग आज सुबह से बंद हो गया है

उमरिया में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने लोगों से नदी नाले पार नहीं करने की सलाह दी है उधर शिवपुरी के बामोरकला में बेतवा के पानी में फंसे दो चरवाहों को रेस्क्यू कर निकाला गया है कटनी में बारिश से बाणसागर डेम का जलस्तर बड़ गया है

जल्द ही शहर को इसकी सौगात मिलेगी